मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में लुगु बाबा की विशेष प्रजा अनुष्ठान में हिस्सा लिया और कोरोना महामारी से बचने की अपील की झारखंड समेत देशभर में आज धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ गुरूनानक जयंती और गुरू पर्व मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने तीन दिसम्बर को राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जतायी है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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के कम में आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले राज घाट पर दीया जलाकर देव दीपावली उत्सव की शुरुआत की श्री मोदी जलमार्ग के जरिए ललित घाट से राजघाट पहुंचे और दीप जलाया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी और यूरिया के नाम पर छल करने वाले लोग अब कृषि कानूनों पर किसानों को झूठा डर दिखा रहे हैं जो कभी होने वाला ही नहीं है उसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर शंकाएं हैं वे भी भविष्य में इनका लाभ उठाएंगे उन्होंने कहा कि नया कानून किसानों के लिए फायदेमंद है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रयागराज और वाराणसी के बीच उन्नत राजमार्ग से श्रद्वालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और इससे विकास को और बढ़ावा मिलेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचें के विकास से गरीबों को सबसे अधिक लाभ होता है क्योंकि इससे उनके लिए रोजगार के कई अवसर पैदा होते है केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सुधार किए हैं किसान अब राज्य के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं परिणाम स्वरूप किसान अब राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मंडियों या बाजारों में बिक्री पर लागू अतिरिक्त बाजार शुल्क उपकर या लेवी का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं श्री जावडेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बोकारो स्थित ललपनिया के लुगुबुरु घाटा बाडी धोरोम गाढ में आयोजित विशेष अनुष्ठान में हिस्सा लिया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है

ये टीमें पुणे की जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हैदराबाद की बॉयोलोजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रैडिस लेबोरेट्री की हैं

टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबंद्व मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करनी चाहिएं टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संभारतंत्र परिवहन और कोल्ड चेन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले वर्ष की शुरूआत से मिलने की आशा है प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सलाह दी कि वे विनिर्माताओं के साथ पूरा सहयोग करें ताकि इनके प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आए और देश तथा दुनिया की जरूरते पूरी की जा सकें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 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में पांच छह जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी कोविड सुरक्षा मिशन के पहले चरण में बारह महीने के लिए नौ अरब रुपये का प्रावधान किया गया था मंत्रालय ने बताया कि शोध और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने टीका बनाने के कल दस तरह के प्रयासों में मदद दी है रूसी टीके स्पृतनिक के अलावा पांच टीकों का मानवीय परीक्षण चल रहा है और अन्य तीन टीकों का भी जल्दी ही मानवीय परीक्षण शुरू हो जाएगा

भारत में मृत्युदर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम है कोरोना से बचाव के उपायों पर वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरगंज अस्पताल के डॉक्टर नीरज गृप्ता ने बताया कि शादी समारोहों में शामिल होने के दौरान एहतियाति उपाय किया जाना काफी महत्वपूर्ण है आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीजों से बचना चाहिए

यह पर्व सिखों के प्रथम गुरु गुरुनाक देव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी

इस दिन श्रद्धालु प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु पर्व बहत उल्लास से मनाया जाता है ग्रुनानक देव जी की जयंती पर राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगोँ को शुभकामनाएं दी हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मास्क और साबुन बांटे उन्होंने मास्क लगाने और हाथ धोने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता और सुरक्षित दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है

उन्होंने बताया कि इस समय देश में प्रतिदिन दस लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा रही है

नई दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में गठिया रोग विभाग के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी इस चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

देवघर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज आम लोगों से ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिये मुलाकात की

उपायुक्त ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सामाजिक द्री का ख्याल रखते हुए आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए टॉक टू डीसी ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है रांची रेलवे स्टेशन पर आज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने छह नाबालिग बच्चियों को मानव तस्करों से बचाया इन सभी को राजधानी एक्सप्रेस से नयी दिल्ली ले जाया जा रहा था फोर्स के इन्स्पेक्टर अमिताभ आनंद वर्धन ने बताया कि रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान इन बच्चियों के बारे में जानकारी मिली पूछताछ के बाद पता चला कि इन्हें घरेलू काम लिए दिल्ली भेजा जा रहा था लेकिन बच्चियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी पुलिस इन तस्करों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है मौसम विभाग ने तीन दिसंबर को राज्य के क्छ हिस्सों में हल्की और मध्य दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है

इसी कारण बारिश की संभावना है साथ ही विभाग ने बताया है कि आने वाले चार दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी संक्षिप्त खबरें कोडरमा जिले की तारा घाटी से पुलिस ने आज एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बोतलें जब्त की हैं इन्हें अवैध तरीके से बिहार ले जाया जा रहा था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आज लोहरदगा स्थित सीआरपीएफ कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

रांची पुलिस ने नामकुम इलाके से जुआ खेलने के आरोप में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

पुलिस ने इनके पास से कई एटीएम कार्ड पासबुक चेकबुक पैन कार्ड और आधार कार्ड जब्त किये हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू थानाक्षेत्र स्थित करम्पदा सीआरपीएफ कैंप में आज सुबह एक हवलदार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली